इसके लिए कोरोना संक्रमण को लेकर जारी किए गए मानकों का ठीक से पालन करना होगा श्री विद्यासागर ने कहा कि फरवरी के अंत तक संकमण के काफी कम मामले रह जाएंगे

कल इस संकमण से दो हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए इनको भिलाकर राज्य में अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोग कोरोना संकमण से मुक्त हो चुके हैं

इस बीच भाजपा ने कल जयपुर ग्रेटर और हैरीटेज नगर निगमों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी सूची औपचारिक रूप से जारी नहीं की और चयनित उम्मीदवारों को आज नामांकन पत्र भरने को कहा है दोनों ही पार्टियों को बागियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है जयपुर और बीकानेर के अलावा राज्य की सभी निचली अदालतें आज से नियमित रूप से खुल गई हैं अदालतों में कामकाज वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से भी जारी रहेगा

राजसमंद जिले का नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर आज से आम श्रद्वालुओं के लिए खूल गया है नाथद्वारा मंदिर मंडल ने दर्शनों के दौरान कोविड गाइड लाइन की पालना के पुख्ता प्रबंध किए हैं आज आठ झांकियों में से केवल दो झांकियों के ही दर्शन खोले गए हैं हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि इसके अलावा जिले के दो अन्य प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली तथा चारभूजा नाथ मंदिर गड़बोर में भी आज से आमजन दर्शन कर सकेंगे

ओलंपिक एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित करने का निर्णय किया गया है

इसके अलावा इन खेलों में देश की तरफ से खेलने वाले आठ खिलाड़ियों को आरक्षित दर पर भूमि आंवटित की जाएगी सहकारिता राज्य मंत्री उदयलाल आंजना ने कल प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी

श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं